केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र के कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है

इस राशि से प्रदेश में कोराना संकट के दौर में अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज शिमला से सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री मंडी जिला के मीडिया प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे कृषि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्राप मोरक्राप घटक के अंतर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के लिए चार हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना का उद्देश्य खेती में सुक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है मंत्रालय ने नाबार्ड के जरिए पांच हजार करोड़ रूपये का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया है

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने की अपील की

हिमाचल दस्तक ने लिखा है हिमाचल में कोरोना से छठी मौत

भाजपा की वर्चुअल रैली पर अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर के हवाले से लिखा है राहुल गांधी की उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ही नहीं सुनते पंजाब केसरी के शब्द हैं कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नहीं मानते राहुल गांधी की बात

भाजपा विधायक दल की बैठक को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है भाजपा विधायक दल की बैठक में लंबा चिंतन डीजीपी डीसी और एसपी से सरकार ने तलब की रिपोर्ट शीर्षक से पंजाब केसरी ने लिखा है मजदूरों के पलायन उन पर दर्ज मुकदमों आदि की देनी होगी जानकारी

महिला कर्मियों की शिकायत पर ऐजुकेशन डिपार्टमेंट की चेतावनी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है ऑफिशियल वॉटसएप ग्रुप पर गुड मॉर्निंग के मैसेज डाले तो कार्रवाई